मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आगामी परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों का भी बढ़ाया हौसला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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ आर्थिक अभियान नहीं है बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना है

प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है

श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में लाखों लोग अपने जीवन का काफी बड़ा हिस्सा पानी की कमी को दूर करने में बिताते हैं श्री मोदी ने कहा कि एक समय गांव में रहने वाले लोग अपने कृंओं और तालाबों की सामूहिक रूप से देखभाल करते थे इसी तरह के प्रयास आज दक्षिण भारतीय राज्यों में चल रहे हैं जहां स्थानीय लोगों ने कृंओं के संरक्षण के लिए अभियान चलाकर वर्षों से उपयोग में नहीं आ रहे अपने आसपास के कुंओं को फिर से पानी से लबालब कर दिया आज मनाये जा रहे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चन्द्रशेखर वेंकट रामन द्वारा रामन प्रभाव की खोज के सिलसिले में मनाया जाता है श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए

मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्व सभी प्राइवेट अस्पतालों का कोरोना टीकाकरण केन्द्र के रूप में उपयोग कर सकेंगी नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के अपने सभी उपक्रमों के स्वास्थ्य केन्द्रों और अपने सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों का उपयोग भी टीकाकरण के लिए कर सकेंगी

लोहरदगा जिले मे कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है साथ ही कोरोना टीका को लेकर भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह ऐप पिछले महीने जारी किया था इसका उददेष्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को एकत्र करने की प्रणाली में सुधार करना है

मंत्रालय ने कहा है कि मोबाइल ऐप के जरिये मूल्यों की सूचना बाजार केंद्रों से ली होती है और भू संकेत उस स्थान के बारे में सूचना देते हैं जहां से मूल्य लिए जा रहे हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे में बयालीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं एकतालीस मरीज स्वस्थ हए हैं सबसे अधिक रांची जिले में तैंतीस कोरोना मरीजों की पुष्टि हई है वर्तमान में प्रदेश में कुल चार सौ बानबे सकिय मरीज हैं इनमें सबसे अधिक रांची में दो सौ सतहत्तर मरीज हैं प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों का दर अंठानबे दशमलव छह आठ प्रतिशत पहुंच गया है

एक ट्वीट संदेश में श्री नायडु ने भविष्य लिए में भी उनके लिए इसी तरह की सफलताओं की कामना की है जबकि श्री जावडेकर ने अपने संदेष में कहा है कि यह देश के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में अंतरिक्ष सुधारों के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज जमशेदपुर के साकची स्थित रामकृष्ण मिशन के नये छात्रावास का उदघाटन किया यह छात्रावास ग्रामीण छात्रों के लिए बनाया गया है मौके पर राज्यपाल ने कहा कि छात्रों के लिए एक प्लेसमेंट सेल का भी गठन किया जाए ताकि इन बच्चों को पढ़ाई के बाद रोजगार मिल सके उन्होंने कहा कि रामकृष्ण मिषन छात्रों में संस्कार डाल रहा है

पाकुड़ के मारवाड़ी धर्मशाला में पाकुड़ जिला केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक सह चुनाव संपन्न हुआ इसमें संचय कुमार वर्द्वन एसोसिएशन के अध्यक्ष और अरविंद कुमार भगत सचिव चने गये एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री वर्द्वन ने कहा कि सदस्यों के मान सम्मान के साथ ही उनकी समस्याओं का निदान हमारी प्राथमिकता होगी बैठक सह चुनाव में जिलेभर के दवा दुकानदारों ने हिस्सा लिया उपराजधानी दुमका में आज एक युवक की मौत को लेकर लोगों ने जाम कर हंगामा किया और हत्या की आषंका जाहिर करते हुए पुलिस जांच की मांग की युवक दुमका शहर के नूरपाडा का रहने वाला था और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्रीअमड़ा गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप में काम करता था वह आज इसी पेट्रोल पंप में अचेत अवस्था में मिला युवक को दुमका के फूलों झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह व्यक्तिगत कारणों से इंग्लैंड के साथ होने वाले चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में चार मार्च से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट में भारत की टीम में बुमराह के स्थान पर किसी और खिलाड़ी को शामिल नहीं किया जाएगा